सोनिया गांधी कांग्रेस संसदीय दल की नेता चुनी गई देश में इस वर्ष मई में वस्तु और सेवाकर जीएसटी संग्रह एक लाख करोड़ रुपये से अधिक हुआ प्रदेश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी कई जगह आंधी और बारिश होने की चेतावनी कई केंद्रीय मंत्रियों ने कल अपने मंत्रालयों का कार्यमार संमाला अभित शाह ने गृहमंत्रालय राजनाथ सिंह ने रक्षा मंत्रालय नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि मंत्रालय और प्रकाश जावड़ेकर ने पर्यावरण मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का स्वागत गृहसविव राजीव गाबा ने किया दो राज्य मंत्रियों जीकिशन रेड्डी और नित्यानंद राय ने भी गृहमंत्रालय में कार्यभार ग्रहण किया नए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के मंत्रालय का काम काज संभालने के अवसर पर थल सेना वायुसेना और नौ सेना के प्रमुख उपस्थित थे एक ट्वीट संदेश में रक्षा मंत्री ने कहा कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा और सेना को मजबूत करने के लिए आगे की रणनीति बनाएंगे क्रवि मंत्री का पदभार संभालने के बाद नई दिल्ली में क्रवि भवन में नरेद सिंह तोमर ने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की

मेरी कोशिश होगी कि प्रधानमंत्री जी अपेक्षा देश की आवश्यकता और किसान के कल्याण की दृष्टि से मैं कुछ योगदान कर सकूं पर्यावरण वन और जलवायू परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि पर्यावरण का संख्यण और इसके मुद्दों से निपटना सरकार की पहली प्राथमिकताएं हैं

केन्द्र में नवगठित एनडीए सरकार के मंत्रिमंडल की पहली बैठक में किसानों और व्यापारियों के कल्याण के लिए चार महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का दायरा बढ़ाते हुए इसका लाम देश के सभी किसानों को देने का फैसला किया इससे पहले दो हेक्टेयर तक की जमीन वाले किसानों को इस योजना का फायदा मिल रहा था नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने बताया कि संशोधित योजना के तहत किसानों के बैंक खाते में एक वर्ष में तीन किस्तों में कृल छह हजार रुपये की राशि अंतरित की जाती है भाजपा किसान मोर्चा ने देश में चौदह करोड़ पचास लाख किसानों तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना बढ़ाए जाने के सरकार के निर्णय का स्वागत किया है और इसे ऐतिहासिक बताया है कल नई दिल्ली में संवाददातओं से बातचीत में पार्टी किसान मोर्चा के अध्यक्ष वीरेन्द्र सिंह ने कहा कि कृषि अर्थव्यवस्था मजबूत होने से देश को और मजबूती मिलेगी सत्रहवीं लोकसभा का पहला सत्र सत्रह जून से शुरू होगा राज्यसभा की बैठकें इस महीने की बीस तारीख से होंगी मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सुचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि संसद का सत्र छब्बीस जुलाई तक जारी रहेगा उन्होंने बताया कि लोकसभा अव्यक्ष का चुनाव इस महीने की उन्नीस तारीख को कराया जाएगा राष्ट्रपति बीस जून को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबेधित करेंगे आर्थिक सर्वेक्षण चार जुलाई को संसद के पटल पर रखा जाएगा जबकि केन्द्रीय बजट पांच जुलाई को पेश किया जाना है वायुसेना ने भारतीय हवाई क्षेत्र में सभी मार्गों पर लगे अस्थाई प्रतिबंध हटा दिए हैं वायुसेना की ओर से एक ट्वीट में यह जानकारी दी गई है भारतीय हवाई क्षेत्र में विमानों के प्रवेश पर इस वर्ष सत्ताईस फरवरी को अस्थाई प्रतिबंध लगाये गये थे पाकिस्तान में बालाकोट में आतंकी शिविर पर हवाई हमलों के बाद ये प्रतिबंध लगाये गये थे कांग्रेस के नवनिर्वाचित लोकसभा सांसदों की कल दिल्ली में बैठक हुई इसमें पार्टी की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी को कांग्रेस संसदीय दल का नेता चुना गया उनके नाम का प्रस्ताव पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया जिसका सभी सांसदों ने समर्थन किया कांग्रेस अव्यक्त राहल गांधी ने मतदाताओं और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया पार्टी प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने संवाददाताओं को बताया श्रीमती सोनिया गांधीजी को सर्वसम्पति से कांग्रेस संसदीय दल का नेता चुन लिया गया है डॉ मनमोहन सिंहजी ने उनके नाम को प्रपोज किया हमारे केरल से सांसद और छत्तीसगढ़ से सांसद उन दोनों ने उसका अनुमोदन किया और पूरे संसदीय दल ने इसका समर्थन किया एक स्वर से राहुल जी ने ये कहा कि हम आत्म विस्लेषण भी करेंगे हमारी जो गलतियां हैं उन्हें दुरूस्त भी करेंगे देश में इस वर्ष मई में वस्त् और सेवाकर जीएसटी संग्रह एक लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया पिछले वर्ष के मई माह की तुलना में इस बार राजस्व संग्रह में छह दशमलव छह सात प्रतिशत की वृद्धि हुई है मई में जीएसटी संग्रह कुल एक लाख दो सी नवासी करोड़ रुपये का रहा जबकि पिछले वर्ष मई में जीएसटी संग्रह चौरानर्ब हजार करोड़ रुपये था वित्त मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि इस वर्ष फरवरी मार्च में जीएसटी मुआवजे के रूप में राज्यों को अट्ठारह हजार नौ सौ चौंतीस करोड़ रुपये जारी किये गए काशी विश्वनाथ कॉरीडोर का निर्माण कार्य अगले एक माह के अन्दर शुरू हो जायेगा इस महत्वाकांक्षी परियोजना की आधारशिला पिछली आठ मार्च को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रखी थी निर्माण कार्य से पहले की सभी जरूरी प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है

प्रदेश के कई हिस्सों में तेज गर्मी और लू का प्रकोप जारी है बुन्देलखंड का बांदा जिला कल सबसे ज्यादा गर्म स्थान रहा जहां सैंतालीस दशमलव चार डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया र्जो सामान्य से चार डिग्री ज्यादा है वहीं झांसी में छियालीस दशमलव छह डिग्री सेल्सियस तापमान रिकार्ड किया गया प्रयागराज में तापमान चौवालीस दशमलव पांच डिग्री सेल्सियस रहा मौसम विमाग ने इटावा औरैया जालौन और कानपुर देहात जिलों और आसपास के क्षेत्रों में आंधी आने और तेज रफ्तार से हवाएं चलने की चेतावनी जारी की है इसके साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई स्थानों पर बारिश और धूलमरी आंघी का अनुमान व्यक्त किया गया है प्रदेश के पूर्वी जिलों में गर्मी का यह सिलसिला दो तीन दिनों तक जारी रहेगा उर्दू के जाने माने साहित्यकार और शायर बशीर फारूकी का कल लखनऊ में उनके आवास पर निघन हो गया

परों के दरमियान और दायरों के दरमियान सहित उनके पांच काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं सर्गीय फारूकी के काव्य संग्रह परों के दरमियान को उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी द्वारा पुरस्कृत भी किया जा चुका है साहित्यिक योगदान के लिये उन्हें उर्दू और हिन्दी सहित कई संस्थानों द्वारा सम्मानित भी किया गया था उनका अंतिम संस्कार कल ही माल एवेन्यू स्थित कब्रिस्तान में कर दिया गया प्रदेश के सिंचाई और जल संसाधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने मुरादाबाद मंडल के सभी जिलों में पन्द्रह जून तक बाढ़ सुरक्षा से संबंधित सभी कामों को पूरा करने के निर्देश दिये मुरादाबाद में विभागीय कार्यो की समीव्वा के दौरान उन्होंने सिंचाई विमाग की जमीनों को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिये सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया राज्यपाल राम नाईक ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय द्वितीय संशोधन अध्यादेश दो हज़ार उन्नीस को प्रख्यापित कर दिया है

पहले अमेठी के सभी डिग्री कॉलेज छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर के क्षेत्राधिकार में आते थे सरकार ने यह फैसला अमेठी से कानपुर की दूरी अधिक होने की वजह से लिया है